मुख्यमंत्री ने कहा कि वापिस लाए गए सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से वापिस आने वाले लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और होम क्वारंटीन में रहने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों की हर संभव सहायता कर रही है इस बीच मुख्यमंत्री ने कोटा दिल्ली चंडीगढ़ मोहाली व पंचकुला में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों को वापिस लाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधन और चालकों व परिचालकों के प्रयासों की सराहना की है

मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एनसीसी मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर और डिप्टी ग्रुप कमांडेंट कर्नल सुरेश भैक के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही मुख्यमंत्री ने आम लोगों में मास्क वितरित करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने में बेहतरीन कार्य के लिए एनसीसी कैडेटस की सराहना की इस अवसर पर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में जरूरतमंद लोगों और प्रशासन की सहायता के लिए करीब एक हजार दो सौ एनसीसी कैडेटस तैनात किए गए हैं

ये राशि अप्रैल माह में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च की गई है

ज़िला उपायुक्तों ने संबंधित ज़िलों में कफ्यू ढील का समय निर्धारित किया है

राजधानी शिमला में मालरोड लोअर बाजार व साथ लगते बाजारों में आज चहल पहल देखी गई और दुकानदार भी खुश नजर आए इसी तरह प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी दुकाने खुलने से लोगों ने आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य सामान की खरीददारी की

कोविड अपडेट मंडी ज़िले के जोगिन्द्रनगर में आज कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है

प्रशासन ने युवक के सम्पर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है इस तरह प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या दो हो गई है

उन्होंने कहा कि दुनियामर के लोगों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है और देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार की प्रतिदिन एक लाख सैंपल जांच करने की योजना है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री के तीन ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया समाज सेवी व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा दी गई इस राहत सामग्री के लिए मुख्यमंत्री ने संस्था के स्थापक श्री श्री रविशंकर का आभार जताया है इनमें से दो ट्रक मंडी जबकि एक ट्रक शिमला जिला के लिए रवाना किया गया है ट्रस्ट कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश में अनेक समाजसेवी संस्थाएं व संगठन गरीबों और जरूरतमंदों की मद्द के लिए आगे आए हैं इसी कड़ी में कुल्लू जिला का कुंज लाल दमोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट भी कोरोना योद्वा के रूप में उभरा है

वॉशिंग पॉड़स ज़िला चम्बा में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत ज़िला प्रशासन ने नई पहल की है ज़िले के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन ने लोगों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था करने का फैसला लिया है

उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि चम्बा के शहरी क्षेत्रों में इसी तर्ज पर और वॉशिंग पॉड्स स्थापित किए जाएंगे ताकि लोग साबुन के साथ हाथ धो सकें उन्होंने कहा कि साबुन से हाथ धोने सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य सावधानियां बरतने से ही हम कोरोना वायरस से बचाव में कामयाब हो सकते हैं सब्सिडी खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपमोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के समी एपीएल उपमोक्ताओं से सार्यजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया है ताकि इस का लाभ पिछड़े व गरीब वर्ग को मिल सकें विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए विभाग की वेबसाईट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है